स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और अद्वारह वर्ष से अधिक आय् के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

आठवीं किस्त के तहत विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण योजना के माध्यम से बीस हजार करोड़ से अधिक राशि सीधे लाभार्थी किसानों के खातों में भेजी गई है प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में इस योजना का लाभ पा रहे किसानों से बातचीत की इनमें उत्तर प्रदेश के उन्नाव आंध्र प्रदेश के अनंतप्र और मेघालय में रि भोई के किसान शामिल हैं चौबीस फरवरी दो हजार उन्नीस में शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ करोड़ों किसानों को मिला है इस योजना के तहत एक साल में छह हजार रुपये तीन किश्तों में सीधे किसानों के खाते में भेजे जाते हैं अब तक ग्यारह करोड़ अट्राईस लाख से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है और एक लाख सोलह हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी गई है कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान करीब तेतालीस हजार करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खाते में भिजवाई गई थी

मोटरसाईकिल पर सवार उग्रवादियों ने तिंगरई बाजार इलाके में एक द्कान पर ग्रेनेड फैंका स्रक्षाकर्मी घटनास्थल पर पहंच गए हैं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है म्ख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने घटना की निंदा की है और प्लिस महानिदेशक को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री से विस्फोट के बारे में बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली

एन टी ए जी आई ने कहा है कि ख्राक के बीच एक लंबा अंतराल टीकाकरण कराने वालों को बेहतर स्रक्षा प्रदान करेगा

उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण की सूची पर काम करेगा और पंद्रह मई से कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन श्रू किया जाएगा

राज्य में पिछले चौबीस घंटे में कोविड के दो सौ सत्तावन नए मामले सामने आए और एक सौ अस्सी रोगी स्वस्थ हए राज्य कल आए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से छियासठ चांगलांग से अड़तीस लोहित से सत्ताइस तवांग से तेईस लोअर स्बनसिरी से उन्नीस और लोअर दिबांग वैली से चौदह मामले दर्ज किए गए

पिछले चौबीस घंटों में बीस लाख सत्ताईस हजार से अधिक टीके लगाए गए हैं इसके साथ ही देश में अब तक सत्रह करोड़ तिरानबे लाख टीके लगाए जा चुके हैं करीब चार करोड़ पांच लाख से अधिक लोगों को कोविड के दोनों टीके लगा दिए गए हैं जबकि लगभग तेरह करोड़ अट्ठासी लाख लोगों को पहला टीका दिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बीते चौबीस घंटों में अट्ठारह से चौवालीस वर्ष के लोगों को चार लाख सैतीस हजार से अधिक वैक्सीन दी गई हैं अब तक इस आयु वर्ग के व्यक्तियों को करीब उनतालीस लाख चौदह हजार टीके लगाए गए हैं देश में जारी टीकाकरण प्रक्रिया की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है और उच्चतम स्तर पर इसकी निगरानी भी की जा रही है

इसके साथ ही भारत सरकार की एकीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली आई एम पी बी एस वन नेशन वन राशन कार्ड नीति के तहत राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम एन एफ एस ए दवारा लाभार्थियों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भी राजनिवास फेयर प्राइस शॉप में किया गया इस अवसर पर ईटानगर नगर निगम के मेयर तामे फासांग जिला उपायुक्त तालो पोतम और जिला आपूर्ति अधिकारी अमित बेंगिया सहित कई अधिकारी मौजूद थे